उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के कारण कई मजदूर कामगार और अन्य लोग अकेले या परिवारों के साथ मजबूरी में कई किलोमीटर का सफर कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पर जितने हो सके उतने वेंटिलेटर्स का अधिग्रहण किया जाए

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा संदिग्धों की कम समय में जांच करने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट को काम में लिया जाएगा उन्होंने कहा कि तहसील एसडीएम और जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद तक सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करें व्यापारी इस दौर में कालाबाजारी न करें तथा ज्यादा दाम न वसूलें मौके पर जिला कलेक्टर ने जिले में चल रहे कोरोना वाइरस संकमण से रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और आगे की कार्य योजना से मंत्री को अवगत कराया जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल परिवारों को अप्रैल माह का खाद्यान्न देना शुरू कर दिया गया है

इनमें से तीन भीलवाडा और एक अजमेर से है

इस बीच जयपुर के कफ्यू इलाकों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान भी धार्मिक स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए है केवल आवश्यक सेवाएं ही सुचारू रखने के लिए कहा गया है

कफ खांसी या बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाने के वक्त मास्क पहनाना चाहिए किसी बीमार या संक्रमित या संदिग्ध मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति तथा उनके निकट परिजनों को मास्क अवश्य पहनाना चाहिए

मेडिकल मास्क पहनने पर उसे बार बार न छूये यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदल दें मास्क को गर्दन में लटकाकर न रखें और उसे उतारते उसकी बाहरी सतह को न छए मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खाले उसके बाद उपर वाली डोरी को खोर्ल एक बार इस्तेमाल किए गए मास्क को दुबारा काम में न लें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों को मास्क पहनना सीखना चाहिए और साथ ही उन्हें काम में लिए गए मास्क को निस्तारित करने की विधि भी सीखनी चाहिए अन्यथा मास्क का सही निस्तारण न होने के कारण हम संक्रमण को रोकने के बजाय फैलाने का कार्य भी कर सकते हैं

मंत्रालय द्वारा जारी सलाह के अनुसार कोरोना वाइरस उन लोगों में पाए जाने की ज्यादा संभावना है जो ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों जिन्होंने हाल ही के कुछ दिनों में कोरोना प्रभावित किसी देश की यात्रा की हो

लॉकडाउन के दौरान सभी अपने घरों में रहें और सिर्फ जरूरी चीजों के लिये ही बाहर निकलें लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचें बार बार अपने हाथों को साबुन और एल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से साफ करते रहें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी या बुखार है तो वह दूसरे के सम्पर्क में आने से बचे और डॉक्टर से सलाह ले

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देशभर में मौजूद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है

इस परीक्षा की अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी

टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने घर घर जाकर जरूरतमंदों तथा असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए टोंक में अनेक भामाशाह अपनी सेवा देकर मानवता का धर्म निभा रहे हैं झालावाड़ में आज गरीब मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को सामाजिक संगठनों द्वारा भोजन पैकेट वितरित किए गए उदयपुर में शहर के सामाजिक आर्थिक और व्यापारिक वर्ग तथा स्वयंसेवी संगठन पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर रोजाना पांच हजार से अधिक फूड पैकेट मुहैया करा रहे हैं

हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि आज से जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में किराने का सामान सीधे घर पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है बूंदी शहर में भी डोर ट्र डोर किराना सामग्री पहुंचायी जा रही है